लोकसभा चुनाव के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने वीडियो निगरानी टीम गठित कीसंवेदनशील घटनाओं और सामाजिक रैलियों को वीडियो कैमरे में किया जाएगा कैद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आज कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया इन हस्तियों में पर्वतारोही बछेंद्री पाल भी शामिल रही जिन्हें पदम भूषण प्रदान किया गया

उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपका चौकीदार मजबूती से खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है लेकिन मैं अकेला नहीं हूं भ्रष्टाचार गंदगी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है आज हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए तीन मिनट से अधिक समय का वीडियो भी पोस्ट किया है स्लग राहल की रैली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवर्तन रैली में चुनावी शंखनाद किया कांग्रेस नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंड्ड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हुए राहुल गांधी की रैली को कांग्रेस सफल बता रही है वहीं भाजपा इस रैली को फ्लॉप करार दे रहे हैं

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल नई दिल्ली में कहा कि आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतक दलों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने यह भी कहा कि धन बल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से साफ सुथरे चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इससे पहले आयोग ने चुनाव खुफिया जानकारी के बारे में बहुविभागीय समिति की बैठक आयोजित की

देहरादून में शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पांचों लोकसभा सीटों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर बैठक की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक परिवारों को वोटर गाइड फोटो वोटर स्लिप और एपिक कार्ड बी एल ओ के माध्यम से समय पर उपलबध करा लिये जाए

प्रत्याशी का नामांकन पत्र सुबह ग्यारह बजे से अपराह्न तीन बजे तक लिया जायेगा एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है प्रत्याशियों को अपना अलग बैंक एकाउण्ट खोलना होगा संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है लेकिन संयुक्त खाता केवल इलेक्शन एजेंट के साथ ही खोला जायेगा स्लग सी विजिल लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों की सुविधा और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नियंत्रण के लिए सी विजिल ऐप बनाया गया है हरिद्वार में एआरओ आरओ और उड़नदस्ता को सी विजिल ऐप के संचालन की ट्रेनिंग दी गई इस दौरान बताया गया कि गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप डाउनलोड किया जा सकता है अगर कोई नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देना चाहता है तो संबंधित घटना की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड की जा सकती है

स्लग प्रशिक्षण चमोली चमोली में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गठित एफएसटी एसएसटी वीएसटी और वीवीटी दलों का दूसरा प्रशिक्षण आयोजित किया गया इस दौरान निर्वाचन के दौरान उपयोग में लाये जा रहे साधनों माध्यमों और खर्च की निर्धारित सीमा अनुमति प्रमाण पत्र आदि के बारे में समझाया गया उन्होंने एसएसटी और एफएसटी टीम को चौकिंग के दौरान संदेहास्पद वाहनों की गहनता जांच करने और शराब मादक पदार्थ गिफ्ट आइटम नगदी जेवरात आदि पर निगरानी रखते हुए दैनिक रिपोर्ट निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने टीम प्रभारियों को सी विजिल एप पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निपटाने को कहा

उन्होंने उत्तरकाशी में थाने का निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों को हथियार संचालन का प्रदर्शन करने को कहा तो अधिकांश कर्मी इसमें असफल रही इस पर आईजी ने नाराजगी जताते हुए विधिवत प्रशिक्षण व अभ्यास करने के निर्देश दिए निरीक्षण के बाद श्री रौतेला ने कहा कि जिले में चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद रहेगी

इसके लिए क्षेत्रवार वीडियो निगरानी टीम गठित की गई है और बैरियरों पर चौकसी बरती जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग वीडियो निगरानी टीमों को गठन किया गया है टीमों के लिए अलग अलग क्षेत्र आवंटित किये गये हैं यह टीमें आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत खर्च से संबंधित सभी संवेदनशील घटनाओं जनसभाओं सार्वजनिक रैलियों पोस्टरों पम्फलैटों और अन्य कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करेंगे यह टीम अपनी रिपोर्ट वीडियो अवलोकन टीम को प्रस्तुत करेगी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा वार वीडियो अवलोकन टीम भी गठित की गई है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए दो वीडियो निगरानी टीमें गठित की गई है

बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में एक और थराली विधानसभा क्षेत्र में तीन मतदान केन्द्रों सहित कुल चार मतदान केन्द्रों को वलनरेवल की श्रेणी में रखा गया है

इन सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जायेगी

कपाट खुलने से पहले चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने चारधाम यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को अप्रैल के अंत तक सड़क को द्रुस्त करने के आदेश दिए

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर अस्पताल शुलभ शौचालय व रास्तों के संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी के अधिकारियों ने यात्रा में पूर्ण सहयोग करने की बात कही है

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में लोकगायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया